इस अवसर पर वर्च्यअल रैली को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाएगा जयराम ठाकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अन्य विकसित देशों की तुलना मे भारत को कोरोना महामारी से कम क्षति पहुंची है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हैल्पलाईन प्रदेश के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वरदान साबित हुई हैं

राज्यपाल राज्यपाल व राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय ने राजमवन शिमला में रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से अस्पताल प्रतिनिधियों शिमला नगर निगम के श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों को साबून के डिब्बे वितरित किए इसके अलावा उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य व प्रनर्वास अस्पताल शिमला रेडक्रॉस डिस्पेंसरी ट्टीकंडी और कमला नेहरू अस्पताल के मरीजों और सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य सामग्री भी वितरित की सुरेश भारद्वाज शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला शहर की खूबसूरती बढ़ाने और जंगलों को हरा भरा बनाए रखने के लिए पौधारोपण की आवश्यकता पर बल दिया है वे आज समरहिल के टीचर कॉलोनी में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बोल रहे थे उन्होंने वन विभाग को प्रदेश में रोपित पौधों को सुखने से बचाने के लिए उचित कदम उठाकर जीवंत दर बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा ताकि वन सम्पदा में बढ़ोतरी के साथ साथ प्रदेश को हरा मरा किया जा सके इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने विश्वविद्यालय की विभिन्न मांगों को चरणबद्व तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया पौधारोपण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफैसर सिकन्दर कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज सोलन में वन अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और जिले में चल रहे वन विभाग के कार्यों का जायजा लिया

उन्होंने वन अधिकारियों से अपना कार्य तनमयता से करने का आहवान किया ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके पठानिया ने कहा कि वन विभाग में कार्य करने संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र विभाग प्रदेश में ही बन रहा है जिससे अनापत्ति प्रक्रिया सरल होगी

वे कल शाम नगर परिषद सोलन व विभिन्न ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे

ऐसे में बचाव की दिशा में और अधिक सजग होकर काम करने की जरूरत है

इस फैसले के विरोध में आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने चौड़ा मैदान स्थित महालेखा परीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की

राठौर ने कहा कि कोरोना की गंभीर चुनौती के मददेनजर केन्द्र सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित करना चाहिए